यह प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में क्रान्तिकारी और प्रगतिशील कदम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में भेड़ों की नस्ल सुधार ऊन गुणवत्ता और ऊन उत्पादन में वृद्धि के लिए आयातित ऑस्ट्रेलियन मेरिनों भेड़ के सम्बन्ध में देहरादून में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भेड़ों से जहां उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होगी वहीं ऊन की मात्रा में भी वृद्धि होगी जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा उन्होंने कहा कि राज्य में भेड़ों की नस्ल सुधार कार्यक्रम जरूरी था

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन से वूलन मिलों की विदेशी ऊन पर निर्भरता कम होगी वहीं उत्तरखण्ड में अच्छी किस्म की ऊन की उत्पादकता में तेजी से वृद्वि होगी

इसी के मद्देनजर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन नई दिल्ली के सहयोग से इसकी निविदा प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया गया गृहमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएए पर विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी कर दी उन्होंने कहा कि विपक्ष ने दिल्ली को जनता को गुमराह कर कर दिल्ली की शांति को भंग किया है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू की है गृहमंत्री ने कहा कि सिख विरोधी दंगों के बाद से कई बार कांग्रेस सरकार रही लेकिन इन पर कोई जांच नहीं कराई गई उन्हों ने कहा कि एनडीए सरकार ने एसआईटी का गठन किया और अब दोषी सलाखों के पीछे हैं थलसेना प्रमुख थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की आलोचना की है संसद द्वारा पारित इस कानून पर हिंसा के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में जनरल रावत ने कहा कि नेताओं को जनता को सही रास्ता दिखाना चाहिए नागरिकता संशोधन अधिनियम सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन और यह पूरा आंदोलन कुछ असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों द्वारा उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है सरकार ने समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के इन प्रयासों को सफल न होने दें नागरिकता संशोधन अधिनियम का भारत के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों ये अधिनियम भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण विस्थापित लोगों से ही संबंधित है

सरकार का कहना है कि ये बिलकुल झूठ और दुष्प्राचार है कि इन तीनों देशों से बड़ी संख्या में लोग आकर भारत के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे हालांकि अन्य सभी देशों के किसी भी पंथ को मानने वाले या अन्य आधारों पर प्रताड़ित कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय नागरिकता चाहे तो वह पूर्ववर्ती कानूनों के अंतर्गत आवेदन कर सकता है

आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने ही असम में तीन हिरासत केन्द्र खोले थे

श्री पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि देश में ऐसा कोई हिरासत केन्द्र नहीं है जिनमें एनआरसी बनने के बाद देश के मुसलमानों को रखा जाना हो लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं

बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि जिन स्थानों पर लिंग परीक्षण की शिकायत मिल रही है उन संस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जाय इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नैदानिक स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत बिना पंजीकरण चल रहे चिकित्सा केन्द्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये उन्होंने कहा कि जिन पंजीकृत केन्द्रों द्वारा पंजीकरण नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है उन्हें नोटिस दिया जाए

ये ग्रहण वलयाकार था ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार हो जाता है सूर्यग्रहण के बाद लाखों श्रद्वालुओं ने नदियों में डुबकी लगाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आज लाइव स्ट्रीम के जरिए सूर्य ग्रहण देखा एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि अनेक भारतीयों की तरह वे भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखने के लिए बड़े उत्सुक थे

बच्चों ने एरीज द्वारा उपलब्ध कराये गये चश्मों से सुर्यग्रहण के दृश्यों का अवलोकन किया स्कूली बच्चों की एस्ट्रोनॉमी क्विज और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब का गठन किया गया जिला प्रशासन द्वारा एस्ट्रोनॉमी क्लब का गठन प्रदेश के साथ ही देश में पहली बार किया गया है जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब के माध्यम से एस्ट्रोनॉमी के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी क्लब में जिला प्रशासन और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के अधिकारियों को शामिल किया गया है सुर्यग्रहण के दौरान प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिर बंद रहे हरिद्वार में भी मंदिरों के कपाट बंद रहे जबकि हरकीपैड़ी में लोग पूजा अर्चना करते नजर आये पूजारियों के मुताबिक कल शाम साढ़े सात बजे से ही सभी मठ मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए थे

ग्रहण खत्म होने का बाद मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ने लगी साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर फैलाये जा रहे भ्रम से आपसी सौहार्द्ता और राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंच रहा है बुद्दिजीवी वर्ग का मानना है कि लोगों को इस अधिनियम की वास्तविकता का पता नही है ऐसे में जरुरी हो जाता है कि इस अधिनियम को बगैर जानें विरोध न किया जाये उच्च शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत प्रोफेसर डॉ दीपक कुमार पाण्डेय ने कहा कि इस अधिनियम के माध्मय से शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात की जा रही है ऐसे में विरोध करना सही कदम नही है